चिकित्सा मंत्री डॉ रघ शर्मा ने आज जयपुर में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में साढ़े चार लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा श्री शर्मा ने बताया कि सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे

तीन जिलों चूरू श्रीगंगानगर और जालौर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है

बयान में कहा गया है कि राज्यों के पशुपालन विभागों का स्वास्थ्य विभाग के साथ बीमारी की स्थिति को लेकर प्रभावी संवाद होना चाहिए जलाशयों मुर्गा मंडियों चिड़ियाघरों मुर्गी फार्मो पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए तथा मरे हुए पक्षियों के शरीर का उचित निपटारा किया जाना चाहिए इधर प्रदेश में पशुपालन विभाग का कहना है कि इस वायरस का संकमण अभी मुर्गियों में नहीं फैला है

आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर सभी देशवासियों को शभुकामनाएं दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हिन्दी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है

मौसम विभाग ने कहा है कि उतरी भागों में शीतलहर भी चल सकती है विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि चार पांच दिन तक मौसम शुष्क रहेगा